वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया रू पे कार्ड धारकों के लिए दुर्घटना बीमा कवर एक लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपये किया गया ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए उत्तराखंड में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से विकास योजनाएं शुरू की जाएंगी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा राज्य में साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं पर होगा कार्य अल्मोड़ा में रामनगर से भिकियासैंण जा रही बस गहरी खाई में गिरी

मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करने में उत्तराखंड का प्रदर्शन रहा बेहतरीन

स्लग जन धन योजना सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की शर्तों को और उदार बनाने और इसके तहत बैंक खाते खोलने के लिए लोगों को आकर्शित करने के लिए प्रोत्साहन बढ़ाने का निर्णय लिया है बुधवार शााम नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस योजना के तहत ओवरड्राफ्ट की सुविधा दोगुनी करते हुए पांच हजार रुपये से बढ़ाकर दस हजार रुपये कर दी गई है

नये रू पे कार्ड धारकों के लिए दुर्घटना बीमा कवर एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया गया है अरुण जेटली ने जन धन योजना को वि श्व में वित्तीय समावे शन की सबसे बड़ी योजना बताया

वर्ल्ड बैंक और सब इंस्टीट्यूषंस ने इसको दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंषियल इनक्लूजन स्कीम माना है

मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से कहा कि आपदा राहत कार्य के लिए जारी की गई रकम को तय समय में खर्च करें साथ ही यदि अधिक पैसों की जरूरत हो तो उसकी भी मांग करें मुख्यमंत्री ने मानसून में आपदा के दौरान सरकारी संपत्ति के नुकसान का आंकलन कर तत्काल कार्य शुरू करने के निर्देश दिये उन्होंने अधिकारियों को कहा कि बंद सड़कों को खोलने और ट्टे पुलों की मरम्मत का कार्य जल्द से जल्द किया जाएगा बिजली पानी की व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न और मिट्टी के तेल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिये

स्लग उज्जवला योजना महिलाओं की सहूलियत के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्जवला योजना कई परिवारों के लिए खुशियां लेकर आयी है इस योजना का लाभ दूरस्थ इलाकों तक पहुंचा है पिथौरागढ़ में भी उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आई है लकड़ी के चूर्ल्हे पर खाना बनाना मुश्किल तो होता ही था इससे महिलाओं की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता था महिलाओं को इस तरह की स्थिति से निकालने के लिए ही प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की शुरुआत की गई पिथौरागढ़ की हेमा का कहना है कि उज्ज्वला योजना से उन्हें गैस सिलेंडर और चूल्हा मिला है जिससे वो बिना किसी झंझट के आराम से खाना बना लेती हैं

स्लग मनरेगा मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करने में उत्तराखंड ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है

कर्मचारियों की कमी आपदाओं की मार झेलने के बावजूद राज्य के प्रदर्शन को सराहनीय कहा गया है

इसी तरह इस योजना के तहत जो कार्य शुरू किये गये हैं उन्हें पूरा करने में भी उत्तराखण्ड देशभर में दूसरे स्थान पर है कार्यो में पारदर्शिता लाने दोहराव न होने जियो टैगिंग करने की प्रक्रिया में अच्छा कार्य करने के राज्य को पुरस्कृत किया गया है